लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी युवाओं व बच्चों में होली को लेकर खासा उत्साह देखा गया यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला स्थित सरकारी आवास में प्रदेशभर से आए लोगों के साथ होली मनाई उन्होंने कहा कि होली का ये पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता का संदेश देता है और सभी को आपसी मनमुटाव भुलाकर प्रदेश हित में काम करना चाहिए मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को तिलक लगाया और उन्हें शुभकामनाएं दी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी शिमला स्थित अपने निजी आवास हॉलीलॉज में उनसे मिलने आए लोगों के साथ होली का पर्व मनाया प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है दोनों ही दलों के शीर्ष नेता इन दिनों नई दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए जाएंगे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज रात और कल सुबह नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमितशाह की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी जानकारी के अनुसार इस बैठक में प्रदेश के चारों प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड़डा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद शांताकुमार भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर मंथन कर रही है कांग्रेस चुनाव समिति की चंडीगढ़ में हुई बैठक में प्रदेश की चारों सीटों से दो दो प्रत्याशियों के नाम पार्टी हाईकमान को भेजे गए हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है

निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाकर लोगों को वोट डालने के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है

सोशल मीडिया सोशल मीडिया और भारत के इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन आईएएमएआई ने आगामी आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की है फेसब्क व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है स्वीप कार्यक्रम युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कुल्लू ज़िला प्रशासन द्वारा आज ढालपुर मैदान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान युवा मतदाताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग में अपने हस्ताक्षर किए और लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही इस दौरान कुल्लू के एडीएम अक्षय सूद ने युवा मतदाताओं से अपने वोटर कार्ड बनवाने और मतदान में भाग लेने का आग्रह किया लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया युवाओं का कहना है कि वे ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो ईमानदार हो और युवाओं के हित के लिए काम करें शौर्य चक्र सिरमौर जिले के शहीद अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में हुए समारोह में अजय कुमार के माता पिता को शौर्य चक्र प्रदान किया

शहीद अजय कुमार के पिता सुरेश कुमार और माता कमला देवी ने नम आंखों से राष्ट्रपति से शौर्य चक्र ग्रहण किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहीद अजय कुमार को शौर्य चक्र मिलने से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है दुर्घटना सोलन जिले में सुबाथू कुनिहार मार्ग पर गम्भर पुल के पास आज एक ट्रक के खड्ड में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस सूत्रों के अनुसार ये ट्रक गंभर खड्ड पर बने पुल से टकरा कर नीचे पलट गया ये ट्रक आटे व मैदे की बोरियों से लदा हुआ था मृतकों की पहचान की जा रही है